प्रदेशभर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा महाष्टमी और महानवमी का पर्व

कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें मख्यमंत्री बागेश्वर म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी

उन्होंने बताया कि जिले के अधिकांश पंचायतों को सड़क स्विधा से जोड़ा गया है

उन्होंने शासकीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त ली

इसमें किसी भी प्रकार का शिथिलता न बरती जाए उन्होंने कहा कि इस कार्य में पुलिस को एक्टिव होकर कार्य करना होगा उन्होंने बिना मास्क और नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्व आवश्यक कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये इस दौरान उन्होंने ग्राम्या ग्राम्य विकास विभाग आजीविका सहयोग परियोजना तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण कर उनकी उत्पादों की प्रशंसा की इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने बागनाथ मंदिर के दर्शन किये

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का सम्चित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा

बाजारों में जिन द्रकानों में दो गज की दूरी रखने के लिए सर्कल बनाए गए हैं और दुकान में सैनेटाइजर रखते हुए दुकानदार मास्क पहनकर सामान की बिक्री कर रहे हैं उन द्कानदारों को काफी मग देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है इसके पीछे जिला प्रशासन की मंशा दुकानदारों के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करना है जिला आपदा प्रबंधन पुलिस और रेडक्रॉस सोसाइटी की संयुक्त टीम बाजारों में ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर कॉफी मग देकर प्रोत्साहित कर रही है साथ ही बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर सख्ती की गई और उन्हें मास्क दिये गए

महाष्टमी और महानवमी के अवसर पर प्रदेशभर में श्रद्वाल् मां दूर्गा की आराधना कर रहे हैं

कई लोगों ने आज घरों में कन्या पूजन किया इस दौरान राज्य के प्रम्ख देवी मंदिरों में भी श्रद्वाल् पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हरिद्वार के चंडी देवी मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए हालांकि कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में दिशा निर्देश का पालन करते हुए श्रद्वाल् दूर से ही देवी के दर्शन कर सके चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी ने बताया कि आने वाले श्रद्वाल्ओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने को कहा गया है हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण दशहरा पर्व सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा रावण दहन को भी सशर्त इजाजत दी गई है किसी प्रकार की भीड़ करने पर पाबंदी लगा दी गई है जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वह घरों में ही रहकर दशहरा पर्व मनाएं उधर चम्पावत जिले के मां पूर्णागिरी मन्दिर समेत विभिन्न मन्दिरों में माता के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्वाल्ओं का तांता लगा रहा दोनों पर्व एक ही दिन पड़ने से मंदिरों में पूजा और अनुष्ठान हुए लोगों ने कन्या पूजन के साथ अपना उपवास संपन्न किया

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस पर्व के अवसर पर हम सभी को महिलाओं की स्रक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्प लेना चाहिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी द्र्गाअष्टमी और नवमी की प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर श्भकामनाएं दी हैं

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी में प्रसारण के त्रंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा